शिमला में एक निजी मीडिया हाऊस द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सक्रिय सहयोग और सहभागिता के बिना सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं है और यदि उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं तो वे प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं

सरवीण चौधरी ने आज ऊना में शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह बात कही उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य शहरी निकायों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना है

सरवीण चौधरी ने धर्मशाला व शिमला स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को प्रदेश के लिए मोदी सरकार की प्रमुख देन बताया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि भारतीय शास्त्रों के तहत विभिन्न जानकारियों की श्रृंखला में ज्योतिष शास्त्र विद्या अहम स्थान है डॉक्टर बिंदल आज शिमला में अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच द्वारा आयोजित ज्योतिष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ज्योतिष विद्या के उपासक शास्त्रों को सही तरीके से अध्ययन कर उसका उपयोग सकारात्मक रूप से करेंगे तो अवश्य ही समाज का कल्याण होगा

इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक ब्यान में सप्लीमेंटरी चार्ज शीट को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है कार्यशाला किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यशाला में आपदा जोखिम कम करने खतरे का सामना करने के लिए संसाधनों को तैयार करने और आपदा के समय सूचना प्रौद्योगिकी यंत्रों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई कार्यशाला की अध्यक्षता कार्यकारी उपायुक्त अवनिंद्र कुमार ने की इस बीच रिकांगपिओ में ही आज खाद्य प्रसंस्करण मिशन व मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शिमला जिला इकाई ने नगर निगम शिमला और प्रदेश सरकार पर शिमला शहर में प्रदूषित पानी की आपूर्ति का आरोप लगाया है पार्टी सचिव संजय चौहान ने आज शिमला में कहा कि नगर निगम और सरकार शहरवासियों को पर्याप्त और शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने में पूरी तरह विफल रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार शिमला शहर में पेयजल व्यवस्था के निजीकरण पर उतारू है और पर्याप्त आपूर्ति तथा गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है पार्टी ने पानी की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए शहर में हर रोज पानी की आपूर्ति करने की मांग की है विरोध राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की किन्नौर जिला इकाई ने शिमला से रिकांगपिओ के लिए निगम की बस से ठीक पांच मिनट पहले एक निजी बस को रूट परमिट देने के फैसले का विरोध किया है

इस कारण परिवहन निगम की बस खाली दौड़ रही है और निगम को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है उन्होंने निजी बस को दिए गए परमिट को तुरंत रद्द करने की मांग की है

अन्य स्थानों में भी व्यापक वर्षा हुई है राजधानी शिमला में आज दिन भर रुक रुक कर वर्षा होती रही मौसम विभाग ने आज और कल मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है